उत्तर प्रदेश में चौदह हरियाणा में सभी दस मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल और बिहार में आठ आठ दिल्ली में सभी सातों तथा झारखंड में चार सीटों के लिये मतदान होगा

इनमें प्रमुख रूप से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय और प्रज्ञासिंह ठाक्र शामिल है

आज सुबह से ही मतदान दलों को मतदान सामग्री सौंपी जा रही है

भोपाल में लालपरेड मैदान से मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित करने का सिलसिला शुरू हो गया है उधर ग्वालियर में स्थानीय एमएलबी कॉलेज परिसर से मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है

मतदान दलों को ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाये गये हैं वहीं दतिया जिले में भी कल होने वाले मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की गई है कई बूथों पर मतदाताओं की सुविधा के विशेष इंतजाम किये गये हैं

यहां भी आज सुबह से मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित करने सिलसिला शुरू हो गया है गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में संवेदनशील मतदान केन्द्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जायेगी इसके लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है

लोकसभा क्षेत्र की सबलगढ़ जौरा सुमावली मुरैना दिमनी और अंबाह विधानसभा सीटों के लिए मतदान दल यहां से रवाना होंगे

श्रीमती त्रिपाठी लाइव संदेश से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगी वे सोशल मीडिया लाइव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रो पर मतदाताओं के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी देंगी

इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल की सभी चारों झारखंड में तीन तथा चंडीगढ़ की एक सीट के लिये मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिये देशभर के विभिन्न हिस्सों में लगातार चुनाव रैलियां कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शाजापुर धार और खरगौन में प्रचार करेंगे धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री गांधी दोपहर दो बजे के बाद अमझेरा पहॅचेंगे

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इन्दौर और खंडवा के छैगॉवमाखन में रैलियों को संबोधित करेंगे

इसी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा रतलाम और इन्दौर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी इससे पहले कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्दौर में कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी के लिये वोट मागें इस दौरान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया श्री बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है जबकि नोटबंदी जीएसटी पर मोदी स्वयं खामोश है वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कल पार्टी प्रत्याशी पंकज संघवी के लिए रैलियों को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्री संघवी की जीत से पांच साल में इन्दौर सौ साल आगे निकल जायेगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ कल मंदसौर और नीमच जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया

गुरूकुल विद्यालय भोपाल के गुरूकुलम आवासीय विद्यालय के छात्र छात्रा दसवीं की परीक्षा में शत प्रतिशत सफल रहे हैं

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स कल रात दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में डेल्ही कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रविवार को हैदराबाद में मुम्बुई इंडियन्स के साथ होगा

इस दौरान उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में बोतल माचिस लाइटर टिफिन बैंग न लेकर आने की अपील की

इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये